भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश करने पर इस बेडे के साथ दो सुखोई सुपरसोनिक विमानों ने भी उडान भरी भारतीय क्षेत्र में आने पर रफाल के बेडे का पश्चिमी अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस कोलकाता ने रेडियो संपर्क स्थापित करके स्वागत किया वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया तथा वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख एयर माशल बी सुरेश ने अंबाला हवाई अड्डे पर पांच रफाल विमानों के पहले बेडे का स्वागत किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रफाल लडाकू विमानों का भारत में आना देश के सैन्य इतिहास में एक नये युग की शुरुआत है ट्वीट संदेश में श्री सिंह ने कहा है कि ये अत्याधुनिक विमान भारतीय वायुसेना की क्षमता में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे उन्होंने इन विमानों को सुगमता से लाने के लिए भारतीय वायुसेना को बधाई दी

श्री सिंह ने भारतीय वायुसेना में सही समय पर इन अत्याध्रनिक विमानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की उन्होंने कहा कि इन विमानों की खरीद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सही समय पर लिए गए फैसले के कारण संभव हो सकी है क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच काफी लंबे समय से इस खरीद का मामला लंबित था

साथ ही उन्होंने फ्रांस की सरकार और संबंधित कंपनियों को भी कोविड महामारी के दौरान लगे विभिन्न प्रतिबंधों के बावजूद समय पर इन विमानों तथा संबंधित आयुध की आपूर्ति के लिए धन्यवाद दिया

नई शिक्षा नीति में किए गए अन्य प्रमुख सुधारों में शिक्षा संस्थाओं को अकादमिक प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना और सभी प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए एक ही विनियामक बनाना भी शामिल है नीति के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रमों का विकास किया जाएगा और वर्चुअल प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी

नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा तथा शैक्षणिक और शिक्षणेत्तर गतिविधियों में भेद को भी समाप्त कर दिया गया है नई नीति के अनुसार पांचवीं कक्षा तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा रहेगी और बच्चों के रिपोर्टकार्ड में उनके अंकों और ग्रेड की बजाए उनके कौशल और क्षमताओं का समग्र आकलन किया जाएगा

उन्होंने कहा कि अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय के नाम से पुकारा जाएगा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

आयोजन को लेकर लोगों में विशेष उत्साह देखा जा रहा है रामलला के मुख्य पूजारी आचार्य सतेन्द्र दास ने बताया कि रामलला के विग्रहों को हर दिन अलग अलग रंग की पोशाके पहनाई जाती है बाइट बुधवार है हरे रंग का कपड़ा पहनेगे यह ग्रह के अनुसार पहनाया जाता है सोमवार को सफेद मंगलवार को गुलाबी बुधवार को हरा ब्रहस्पतिवार को पीला शुक्रवार को बदामी रंग का होता है शनिवार को नीला रविवार को लाल

रामलला के लिये पीढ़ी दर पीढ़ी पोशाक तैयार करने वाले परिवार के टेलर भगवत प्रसाद बेहद प्रसन्न नजर आये बाइट हम लोग धन्य है कि हमारे हाथों से बन रहा है हमारे पीढ़ी पर पीड़ियों के हाथ से बना और हमको प्रधानमंत्री जी मौक और भी बराबर देते रहेंगे कोई भी सरकार आवे हमारे हाथ से रामलला वस्त्र पहनेंगे

उन्होंने कहा कि इस संबंध में जनपद स्तर पर जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कमेटी गठित करते हुए कार्य योजना तैयार की जाये

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने निर्देश दिये कि आगामी शुक्रवार को वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जनपद गौतमबद्ध नगर बुलन्दशहर हापुड़ गाजियाबाद मेरठ मुजफ्फरनगर शामली तथा सहारनपुर जनपदों का भ्रमण कर यहां स्वास्थ्य सेवाओं की मौके पर समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से मेडिकल स्क्रीनिंग करने वालो टीम को सभी आवश्यक सुविधाएं मास्क ग्लब्स और सैनिटाइजर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये

उन्होंने राज्य में ऐम्ब्रलेस सेवाओं को और अधिक सक्रिय करने तथा जनपद स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर को पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के निर्देश दिये देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या दस लाख तक पहुंच गई है

कोरोना से मृत्युदर भी घटकर दो दशमलव दो तीन प्रतिशत रह गई है

आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है

समाप्त